अजमेर जिले के सरकारी अस्पतालों में मेरा अस्पताल मेरा वार्ड अभियान चलाया जाएगा

डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि नमूनों की जांच के मामले में भारत कुछ दिनों में दूनिया में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा

श्री निशंक ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भी यह सुविधा दी गई है

देश में अब तक छह करोड़ पांच लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है

भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है

इनमें रक्तदान शिविर स्वच्छता अभियान और प्लाज्मा डोनेशन कैम्प शामिल हैं सेवा सप्ताह के अंतर्गत जैसलमेर के रामदेवरा में गौशाला में पौधरोपण किया गया सवाईमाधोपुर में गायों को हरा चारा खिलाने और पौधरोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए दौसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर श्भकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है उपराष्ट्रति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि उनके प्रयासों से देश ने काफी प्रगति की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी श्री मोदी को बधाई दी गृहमंत्री अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और कांग्रेस नेता राहल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिवस पर श्रभकामनाए दी हैं वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनियां ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं

आकाशवाणी से बातचीत में डॉ पूनिया ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबध्द है और इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनो को लेकर भ्रांतियाँ फैला रही है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने इन कानूनों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं

राजसमंद में राष्ट्रीय पोषण माह और महिला किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले की महिला कृषक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोष्ज्ञण से बचने सहित केन्द्र सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारियां दी गईं इस अवसर पर विधायक किरण माहेश्वरी ने पोषण वाटिका के लिए निःशुल्क बीज किट वितरित किये पोषण माह के तहत आज बीकानेर कृषि विज्ञान केन्द्र में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण और कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक मंजीत कौर ने बताया कि घर में ही मौजूद खाद्य पदार्थो से कपोषण को दूर किया जा सकता है

इसके तहत दानदाताओं और संस्थाओं को अस्पतालों के वार्ड गोद दिए जाएंगे संभागीय आयुक्त आरूषी मलिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में बताया गया कि विभिन्न औद्योगिक संस्थान व्यापारिक संगठन और संस्थाएं अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और जनाना अस्पताल सहित जिले के अन्य अस्पतालों में वार्ड गोद लेकर उनमें विकास कार्य करा सकेंगे

जागरूकता रथ जिले के प्रत्येक ब्लॉक में लोगों को जागरुक करेगा